श्री मोदी ने किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना दाम देनेके सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा किसरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया है कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि किसान खासतौर पर छोटेऔर मझोले किसानों को समर्थन मूल्य में बढोतरी का फायदा मिलेगा मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों की तरक्की और उन्नति के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीयकिसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा है कि किसान इस फैसले से खुश हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को प्रस्तावित जयपुर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं कल जयपुर में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से जयपूर में होने वाले प्रधानमंत्री लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम की समीक्षा की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बसों के मार्ग पर पड़ने वाले चिकित्सालयों में डॉक्टरों की उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देष दिए उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की विशेष काउंसलिंग हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सार्वजनिक निर्माण मंत्री युन्स खान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी उपस्थित रहे भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी और पुलिस प्रषांसन के आला अधिकारियों ने भी कल सभा स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

उन्होंने बताया कि जयपुर शहर ही नहीं पूरे राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे को लेकर बड़ा उत्साह है

प्रदेश से हज यात्रियों की पहली फ्लाइट इस बार एक अगस्त को रवाना होगी झुन्झुनूं में इस सिलसिले में हज कमेटी की ओर से ट्रेनिंग कैंप और टीकाकरण का आयोजन किया गया

बीकानेर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला और सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पारीक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल और पूर्णकालिक सचिव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल चौधरी ने कल केन्द्रीय कारागृह का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान बंदियों से उनके मुकदमे की स्थिति और अधिवक्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि बंदियों को शैक्षणिक रूप से योग्य बनाने हेतु विभिन्न कोर्स की शिक्षा प्रदान की जाती है बाडमेर जिले में हए दो सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच घायल हो गये वहीं भीलवाडा में भी भीलवाडा चित्तौडगढ रेलमार्ग पर देर शाम अहमदाबाद कोलकाता ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई हादसे के कारण ट्रेन बीस मिनट तक खडी रही वहीं जिले के पंडेर थाने के पास कल देर शाम खादान में विस्फोट से उडे पत्थर ने एक युवक की जान ले ली पाली जिले के जैतारण इलाके में एक मोटरसाईकिल के ट्रेक्टर के पीछे से टक्कर लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये बीकानेर के नोखा के पास सोमवार को एक व्यापारी के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है

प्रतापगढ जिले में जन समस्याओं के जल्दी निराकरण और विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिये जिला कलक्टर भंवर लाल मेहरा ने जिले के बसेरा में रात्रि चौपाल के दौरान पात्रों को लाभान्वित किया राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा है कि हमे बेटियों को कानूनी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाया जाना जरूरी है वे कल बुधवार को सीकर जिला परिषद सभागार में दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी